गांव गांव जाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को कर रही जागरुक

इनमें से कृछ परीक्षण चरण तक भी पहंच रहे हैं बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शोधकार्य उदयोग और सरकार के समन्वित प्रयासों से कृशल नियामक प्रक्रिया पर विचार किया उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि ऐसे समन्वय और त्वरित प्रयासों में मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए श्री मोदी ने जोर दिया कि संकट के इस समय हर संभव उपाय वैज्ञानिक प्रक्रिया का नियमित हिस्सा बनना चाहिए

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या तीन हजार से ज्यादा हो गई है

इनमें एक राजगढ़ जिले का पीड़ित भी शामिल है

पुलिस अधीक्षक ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है जबलप्र में तीन कोरोना संक्रमित और मिले हैं

पॉजिटिव पाए गए मरीजों में एक घोसीप्रा और दूसरा जैन हॉस्टल में था

कल यहां तीन नए मरीजों का पता चला इनमें से एक का इलाज इंदौर में चल रहा है

ई संजीवनी ओपीडी लॉकडाउन के चलते सामान्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड रहा है ऐसे में प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में विश फाउण्डेशन के तकनीकी सहयोग से ई संजीवनी ओपीडी प्रारंभ की जा रही है इनके जरिए लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार ई संजीवनी मे माध्यम से उपलब्ध होंगी इसमें स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाईन होंगी और इसके लिये मरीज को टेबलेट लेपटॉप या डेस्कटॉप जिसमें वेब केमरा स्पीकर माईक एवं इंटरनेट की थ्य वश्यकता होगी ताकि वह चिकित्सक से सीधा ऑडियो विज्अल संवाद स्थापित कर सके

प्रदेश में अब तक एक हजार मरीज स्वस्थ होकर घर लौट च्के हैं

वेब पोर्टल पर ई पास के लिए पंजीयन करवाने वाले व्यक्ति के पास स्वयं का वाहन होना जरूरी है

क्वारेंटाइन केंद्र इंदौर में क्वारेंटाइन केंद्रों में रखे गए कोरोना से संभावित संक्रमितों का गीत संगीत के माध्यम से तनाव चिंता और अवसाद कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं

इस दौरान लोगों को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है

हालांकि देवीप्रा गाँव के सचिव को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है जीवन शक्ति जीवन शक्ति योजना के तहत गुना जिले में महिलाओं द्वारा सूती मास्क बनाए जा रहे हैं

पूरे प्रदेश में योजना के तहत मास्क एकत्रित करने में ग्ना जिला प्रथम स्थान पर है अनठा विवाह अब खबर अनूठे विवाह की कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों में सीहोर में हुए एक विवाह में सात फेरे और सात वचन के साथ संविधान की शपथ भी ली गई

पदभार संभालने के त्रंत बाद उन्होंने निगम अधिकारियों की बैठक ली

मुख्य समाचार कोरोना के इलाज के लिए भारत में भी बन रही हैं तीस से ज्यादा वैक्सीन प्रधानमंत्री ने की समीक्षा की

गांव गांव जाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को कर रही जागरुक